इस चरण में प्रदेश के मालवा निमाड़ की आठ सीटों इंदौर देवास उज्जैन धार मंदसौर रतलाम खंडवा और खरगौन में वोट डाले जाएंगे भाजपा और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने आज नीमच में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मन्दसौर नीमच के किसानों के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की जायेगी उन्होंने अर्द्वसैनिक बलों जैसे सीआरपीएफ बीएसएफ जवानों को भी शहीद का दर्जा देने का आश्वासन दिया श्री गांधी आज उज्जैन के तराना और खंडवा में भी जनसभाएं करेगें वहीं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह कल धार और रतलाम लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार पर रहेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी आज उज्जैन में प्रचार कर रहे है वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री कमलनाथ तथा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मालवा में प्रचार कर रहे हैं

भोपाल में पुरानी जेल भवन में बनाए गए स्ट्रांगरूम में ईवीएम और वीवीपेट को सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखा गया है जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सुदाम खाडे ने इनकी निंगरानी के लिए तहसीलदार और सीएसपी को तैनात किया है उधर शिवप्री में भी जिले की पांच विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बनाये स्ट्रॉग रूम के निगरानी के लिए राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त किया गया है

मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू होगी

यहां मतगणना कक्ष के बाहर लगे बोर्ड पर परिणाम प्रदर्शन के लिए कर्मचारी नियुक्त कर दिये गये हैं वहीं अशोकनगर जिले की तीनों विधानसभा अशोकनगर मुगांवली और चंदेरी की ईवीएम की सुरक्षा तीन स्तर पर की जा रही है

प्रत्याशी भी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं

वहीं कवियित्री जयश्री तिवारी ने कुछ इस तरह से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया

मौसम प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश और धूल भरी आंधी चलने से तापमान में गिरावट आई है पिछले चौबीस घण्टों के दौरान रीवा जबलपुर सागर ग्वालियर उज्जैन संभागो में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई प्रदेश में सर्वाधिक तापमान तैतालीस डिग्री सेल्सियस खजुराहो दमोह और खरगौन में दर्ज किया गया मौसम विभाग ने सागर ग्वालियर चम्बल संभाग और रीवा नीमच मंदसौर इन्दौर आगरमालवा रायसेन विदिशा सीहोर सतना उमरिया कटनी जबलपुर सिवनी छिन्दवाड़ा अनूपपुर डिण्डोरी और बड़वानी जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवायें चलने की संभावना जताई है

इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए नमस्कार